कांग्रेस की राम वनपथ गमन यात्रा का रथ डिंडोरी जिले के शाहपुरा में जब्त कांग्रेस ने की भाजपा की आलोचना प्रस्ताव परीक्षण केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले शासकीय प्रस्तावों के परीक्षण के लिए राज्य शासन ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी शासकीय विभागों को निर्देश जारी किये हैं कि अब कोई भी विभाग अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण और अनशंसा के बिना सीधे केन्द्रीय निर्वाचन आयोग को नही भेजेगा स्क्रीनिंग कमेटी में सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और प्रस्ताव प्रेषित करने वाले विभाग के विभागाध्यक्ष को शामिल किया गया है सत्यापन स्थगित व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय में रिक्त पदों के लिये आयोजित संयुक्त परीक्षा की प्रावीण्य सुची के उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन कार्यक्रम स्थगित कर दिया है अभ्यार्थियों को आगामी तिथि के बारे में अलग से सुचित किया जायेगा प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के कारण यह कार्यक्रम स्थगित किया गया है

दुर्घटना मौत बड़वानी जिले में आज सुबह एक ही परिवार के पांच बच्चों के शव कुएं में मिले हैं बच्चों के माता पिता अभी तक लापता हैं पुलिस सुत्रों ने बताया कि सेंधवा ग्रामीण चिखली ग्राम में आज तडके इन बच्चों की लाश कुए में मिली जिनकी उम्र दो से छह वर्ष के बीच है पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना के आधार पर आशंका व्यक्त की है कि किसी पारिवारिक विवाद के चलते ये घटनाक्रम हुआ होगा परिवार महाराष्ट्र में मजदूरी करता था कॉल सेंटर चुनाव कार्यकम की घोषणा के साथ ही प्रदेष में षिकायत दर्ज कराने के लिये कॉल सेंटर बनाये गये हैं राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर एक नौ पांच षन्य है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कान्ताराव ने बताया कि इस नंबर पर चुनाव संबंधी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है जिसका निर्धारित समयावधि में निराकरण किया जायेगा मतदाता परिचय पत्र मतदाता सुची आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन से संबंधित शिकायत भी इस नंबर पर दर्ज करायी जा सकती है जिलों में भी इसी तर्ज पर कॉल सेंटर की स्थापना की गयी है इसके लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिला स्तरीय कॉल सेंटर का नोडल अधिकारी बनाया गया है राज्यवर्द्धन सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्य वर्धन राठौड़ ने इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अच्छा व्यवहार अपनाने का आहवान करते हुए कहा कि इस बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है सोशल मीडिया को पूरी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने की जरूरत के बारे में फेसबुक लाइव चर्चा में श्री राठौड़ ने कहा कि इस दिशा में माता पिता और अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

इस योजना के हितग्राहियों को कॉर्ड दिए गए हैं जिन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर है कांग्रेस ने ये कॉर्ड वापस बुलाने की मांग की है उधर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पार्टी की चुनाव आयोग संबंधी समिति के संयोजक शांतिलाल लोढा ने इस संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार ने यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए शुरू की है राम पथगमन प्रदेश में कांग्रेस की राम वनपथ गमन यात्रा को आज डिंडोरी जिले के शाहपुरा में रोककर जिला प्रशासन द्वारा रथ जब्त करने की कांग्रेस ने आलोचना की है कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के दबाव में की गयी है कांग्रेस नेताओं का दावा है कि यह यात्रा पूरी तरह धार्मिक और गैर राजनैतिक थी यात्रा दो अक्टूबर को चित्रकूट धाम के प्रमुख ट्रस्टी हरिशंकर शुक्ल के नेतृत्व में शुरू हयी थी यात्रा मध्यप्रदेश में उस पथ से गुजरना थी जहां से भगवान राम वन गमन के दौरान मध्यप्रदेश से होकर निकले थे उनका यह आरोप भी है कि सत्तारूढ दल भाजपा के एक विधायक रामेश्वर शर्मा भोपाल के उपनगर बैरागढ क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे है लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुयी पैरा एशियाई खेल इण्डोनेशिया में चल रहे एशियाई पैरा खेलों में आज तीरंदाज हरविंदर सिंह ने पुरूषों की व्यक्तिगत रिकर्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता ट्रैक और फील्ड मुकाबलों में भारतीय एथलीटों ने एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल किया हरविंदर ने चीन के झाओ लिक्युरा को फाइनल में छह शन्य से पराजित कर भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या सात तक पहुंचा दी

नवरात्रि आज से शारदीय नवरात्रि पर्व शुरू हो गया है इस दौरान मंदिरों और पण्डालों में श्रद्वालुओं भीड़ देखी जा रही है इस अवसर पर राजधानी भोपाल में बनाये गये दर्गा पंडालों में विशेष साज सज्जा की गई है

जबलपुर में भी शक्ति की आराधना और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के साथ नवरात्रि मनाई जा रही हैं वहीं आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित मॉ पीतांबरा सिद्धपीठ और मॉ बगुलामुखी मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना चल रही है खंडवा नरसिंहपुर और शाजापुर में नवरात्रि पर्व की विशेष तैयारियां की गई हैं शाजापुर में मॉ राजराजेश्वरी मंदिर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी दुर्गा मंदिरों में विशेष अनुष्ठान किये जा रहे हैं